मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम की चुनावी दोस्ती को बताया हास्यास्पद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा पंडित सुखराम ने अलग पार्टी बनाकर की थी बहुत बड़ी गलती हिमाचल पुलिस ने हासिल की बड़ी उपलब्धि अन्वेषण के मामले में देशभर में हासिल किया पहला स्थान

भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सरकाघाट में युवामोर्चा के सम्मेलन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं कर चुनाव प्रचार किया जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज मंडी के चैलचौक और भंगरोटू में जनसभाएं कर आश्रय शर्मा के लिए वोट मांगे भाजपा कांग्रेस और बसपा सहित अन्य पार्टियों के तथा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की प्रचण्ड जीत की संभावना से ही प्रदेश में जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन रहे कांग्रेस नेताओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चुनाव मैदान में घूमना पड़ रहा है जयराम ठाकर आज मण्डी जिला के सरकाघाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम पर राजनीतिक हमला बोला और कहा कि इन दोनों नेताओं की चुनावी दोस्ती आज लोगों में मज़ाक का कारण बन गई है मुख्यमंत्री ने पंडित सुखराम पर अपने पोते के चक्कर में अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य दाव पर लगा देने की बात भी कही

मण्डी ज़िला के नेरचौक में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आज पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है उन्होंने ये भी माना कि सुखराम ने कई बार चुनाव में उनकी मदद की अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपलब्धि शून्य है इसके चलते ही हिमाचल रैंकिंग के मामले में पिछड़ गया है अग्निहोत्री ने आज शिमला से जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली के बार बार चक्कर काटने के बावजूद प्रदेश को केन्द्र से कोई मदद नहीं मिल पाई है हालात ये हैं कि चुनावों के बीच भी सरकार को कर्ज लेने पर विचार करना पड़ रहा है अग्निहोत्री ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं और विकास के मामले पर चर्चा से घबरा रहे हैं उन्होंने प्रदेश में बड़े स्तर पर सीमेंट दामों में वृद्वि पर मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने और भाजपा के घोषणा पत्र पर जनता से वोट मांगने की चुनौती भी दी धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्मल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा राष्ट्र के गौरव और मान सम्मान को तरजीह दी है जबकि कांग्रेस हमारे बहादुर सैनिकों की जांबाजी को भी शक की नजर से देखती है भाजपा और कांग्रेस के नज़रिए में यही फर्क है धूमल आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न नुक्कड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व मोदी के सशक्त हाथों में है और उन्होंने देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे रखी है नरेश चौहान प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व महासचिव नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार शिमला किन्नौर और बिलासपुर के उपायुक्तों को अपने संसदीय क्षेत्रों से न हटा कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है उन्होंने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया नरेश चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती द्वारा अभी भी आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं

अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद अनुराग ठाक्र ने कांग्रेसी नेताओं के जिन्ना प्रेम और कश्मीर में अलगाववादियों के पक्ष में बयानबाजी को एक वर्ग विशेष के वोटों के ध्रवीकरण के लिए सोची समझी साज़िश करार दिया है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा में जनसंपर्क अभियान के दौरान अनुराग ठाक्र ने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपनी हार को सामने देखते हुए वोटों के ध्रवीकरण में जुट गई है

पुलिस रिपोर्ट देश में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर गैर राजनीतिक संगठन कॉमन कॉज़ और सीएसडीएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में आपराधिक मामलों के सही अन्वेषण के मामले में हिमाचल पुलिस को देशभर में पहला स्थान मिला है सर्वेक्षण में जनता के प्रति दृष्टिकोण और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के प्रति जनता के विश्वास के संदर्भ में प्रदेश पुलिस को देशभर में दूसरा स्थान मिला है क्राइम इंडैक्स और आपराधिक मामलों के निपटारे के क्षेत्र में हिमाचल पुलिस पंजाब व झारखण्ड के साथ देशभर में पहले तीन राज्यों में सम्मिलित है जनता के पुलिस में विश्वास के मामले में हिमाचल पुलिस को देशभर में चौथा स्थान मिला है जबकि पुलिस की कार्य प्रणाली से जनता की संतुष्टि के सूचकांक में हिमाचल देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है सर्वेक्षण में जाति पाति के आधार पर भेदभाव के मामले में हिमाचल देशभर में आखिरी पायेदान पर है इससे साबित होता है कि हिमाचल पुलिस जाति पाति के आधार पर शिकायतकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं करती सम्मान शिमला स्थित इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में कार्यरत डाक्टर जितेंद्र क्मार मोक्टा को ग्रामीण और दुगर्म क्षेत्रों में सराहनीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लीनिकल एंडोक्रीनोलॉजी सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डाक्टर मोक्टा इस पुरस्कार को हासिल करने वाले पहले भारतीय और गैर अमरिकी चिकित्सक हैं धनीराम शांडिल शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है शांडिल ने कहा कि अगर हिमाचल में भाजपा सांसदों ने सच में कोई कार्य किया होता तो भाजपा को दो वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर उन्हें घर न बिठाना पड़ता शांडिल ने आज शिमला से जारी एक बयान में केन्द्र सरकार पर हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने के मामले को जानबूझ कर ठण्डे बस्ते में डालने का आरोप भी लगाया सुरेश कश्यप इस बीच शिमला संसदीय क्षेत्र से ही भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश की जनता ने राष्ट्र की बागडोर एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सौंपने का मन बना लिया है सुरेश कश्यप ने आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न नुक्कड़ रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए विपक्षी नेता पूर्व नियोजित अभियान चला रहे हैं लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है सिंघी राम भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सिंघी राम ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं सिंघी राम ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो भारत को सुरक्षित रख सके और मोदी इसके लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं बस हादसा चम्बा ज़िला में बीती रात पंजपुला के निकट हुई बस दुर्घटना की जांच के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज मण्डी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जताई है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी इस बस दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है

युनुस कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने कहा है कि ज़िले में शहरों उपनगरों और पर्यटक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर एक लाख रूपए तक का जुर्माना किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण को दूषित करने वाले व्यक्तियों को सजा का कानून में प्रावधान है और वह इस पर किसी प्रकार की ढील को बर्दाश्त नहीं करेंगे